उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश संक्रमण की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर और पैरा मैडिकल स्टाफ कोरोना मरीजों का इलाज करने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं मारकण्डा कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत लाहौल घाटी के हर घर को आगामी दिसम्बर तक शद्ध जल महैया करवाने का लक्ष्य है केलंग में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने ये जानकारी दी

कृषि मंत्री ने विभिन्न स्थानों पर जन समस्याएं भी सुनीं

शिमला जिले में भी एक नया मामला सामने आया है

उपायुक्त के सी चमन ने स्थानीय लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान फार्मा उद्योग सहित आवश्यक उद्योगों को कम कर्मचारियों के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं शेष उद्योगों में कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना जिले में कूटलैहड़ क्षेत्र के बुढवार में आज विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास किए उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं और विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया डाक योजना डाक विभाग ने सभी लघू बचत योजनाओं को डाकघर शाखा स्तर तक बढ़ा दिया है इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में लोगों तक डाक बचत की सभी योजनाएं पहुंचा कर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना है नये आदेश में डाकघर शाखाओं को सार्वजनिक भविष्य निधि मासिक आय योजना राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र किसान विकास पत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाएं उपलब्ध कराने की अनुमति दी गयी है लोग अब अपने गांव के डाकघरों में ही इन बचत योजनाओं में धन जमा करा सकेंगे

इसे आकाशवाणी व द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू न्यज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा

विक्रमादित्य कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए की जा रही कार्रवाई में सरकार दोहरे मापदण्ड अपना रही है उन्होंने कहा कि सरकारी स्तर पर सोशल डिस्टैंसिंग के नियम तोड़े जा रहे हैं वहीं भाजपा नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं इसके विपरीत नियम तोड़ने पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामले बनाए जा रहे हैं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कानून सबके लिए समान है जिसका पालन सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए सम्मान किन्नौर ज़िले के प्रवेश द्वार चौरा में बतौर कोरोना योद्वा सेवाएं देने वाले चिकित्सकों पुलिस कर्भियों सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को जिला कांग्रेस ने सम्मानित किया स्थानीय विधायक जगत सिंह नेगी ने एक समारोह में इन कोरोना योद्वाओं को किन्नौरी टोपी पहनाकर सम्मानित किया इन योद्वाओं को पीपी ई किट्स भी प्रदान की गई परीक्षा स्थगित प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कल होने वाली जेबीटी और शास्त्री विषय की टैट परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया है बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि परीक्षा की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी